मुख्यमंत्री ने पुरूवाला में राज्य विद्युत परिषद के उपमंडल का श्भारंभ किया

शरद महोत्सव इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के यमुना शरद महोत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा देने की घोषणा की है कल देर शाम इस तीन दिवसीय महोत्सव में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि ये मेला संस्कृति का परिचायक है और ऐसे आयोजनों से सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए लोगों से रैडकॉस से जुड़ने का आहवान किया है सोलन जिले के नालागढ़ में आज रैडकॉस मेले का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि सामाजिक ब्राईयां मिटाने में रैडकॉस की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये संस्था मानव पीड़ा दूर करने की दिशा में सामाजिक अभियान की तरह काम कर रही है मेले में पहाड़ी गाय के प्रचार के लिए स्टॉल लगाने नशा निवारण रैली रक्तदान शिविर व छात्रों के साथ संवाद जैसी गतिविधियों के आयोजन की राज्यपाल ने सराहना की शांता क्मार इस बीच कांगड़ा जिले के पालमप्र में सांसद शांता कमार ने आज रैडकॉस मेले का शुभारंभ किया उन्होंने समाज के सभी वर्गों से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पीड़ितों की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है और इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए

वाल्मीकि जयंती भगवान वाल्मीकि जयंती पर आज प्रदेशभर में कई कार्यकम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पांवटा साहिब में वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका और कहा कि भगवान वाल्मीकि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ज्ञान व प्रेरणा के स्रोत हैं उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की जो हिन्दू धर्म का मुख्य ग्रंथ है सोलन में आयोजित वाल्मीकि जयंती समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि भगवान वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं इधर शिमला स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई और प्रसाद बांटा गया

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए आध्निक विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहंचाने पर बल दिया परिषद के सदस्य सचिव कुनाल सत्यार्थी ने बताया कि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई तकनीकों की खोज को बढ़ावा देना है अन्राग ठाक्र सांसद अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले के ऊहल में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह ने राज्य सरकार को फिजूलखर्ची से बचने की सलाह दी है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय खोले गए स्कूल कॉलेजों को जल्द स्तरोन्नत करने की ज़रूरत है सुखविन्द्र सिंह ने कर्ज़ लेने की बजाय राज्य सरकार को अपने संसाधन बढ़ाकर विकास कार्य तेज करने को कहा है